सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते ह कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है श्री मोदी ने कहा कि वे परिवार के सदस्य के रूप में परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में छात्रों की मदद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कोरोना का टीका लगवाया

टीकाकरण के बाद मुख्यमंत्री आधा घंटे अस्पताल परिसर में रहे इसके बाद वह वहां से रवाना हो गये

उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित ह किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहे उन्होंने कहा कि टीका लगने के बाद भी लोग पूरी तरह से ऐहतियात बरते और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ईमानदारी से पालन करे मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की दूसरो लहर के मद्देनजर राज्य में आठ अप्रैल से वृहद टीकाकरण अभियान होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार के लिये प्रभावी व्यवस्था बनाये रखे मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिये है जिन जनपदों में कोरोना के सौ से ज्यादा मामले है वहां अधिक सतर्कता बरती जाये

इस अभियान में सभी को मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा

कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है प्रदेश में दोबारा बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आज विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि बढ़ते हुए संक्रमण के चलते यह आवश्यक हो गया है कि कोरोना से संक्रमित रोगियों और उनके सम्पर्को की गहन निगरानी की जाये

श्री तिवारी ने बताया कि प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों को अच्छादित करने के लिये एक टीम लगाई जायेगी जो घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट देगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीम के सदस्य घर घर जाकर लोगों को कोविड से बचाव और लक्षणों के बारे में जानकारी देंगे

दिशा निर्देशों के बारे में सभी जिलाधिकारियों जिला पुलिस प्रमुखों मुख्य चिकित्साधिकारियों और अन्य संबंधित को अनुपालन के लिये निर्देशित किया गया है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी के मौसम में आग लगने की दुर्घटनाओं को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने क निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में अग्निशमन केन्द्र पूरी तरह से सक्रिय रहे ताकि जरूरत पड़ने पर वांछित स्थान पर सहायता पहुंच सके उन्होंने कहा कि आग की दुर्घटना के मामलों में जिलाधिकारी तत्काल रूप से प्रभावित लोगों को राशन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये

उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश के लिये पानी चारे और छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चत की जाये

उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेजों जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोमवार से शनिवार तक कोविड के टीके लगाये जा रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों पर सोमवार गुरूवार और शुक्रवार को टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया के कोविन पोर्टल पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिन और केन्द्र का चयन करके प्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कर पाने वाले लोग अपना आधारकार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र लेकर टीकाकरण केन्द्र पर जाकर पंजीकरण कराते हुए टीका लगवा सकते हैं आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है बाबू जगजीवन राम उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्होंन गरीबों और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उनका प्रयास हमेशा सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा उत्तर रेलवे न आज इकहत्तर अनारक्षित रेलगाड़ियां शुरू की है इनमें वाराणसी सुल्तानपुर अमृतसर पठानकोट जलंधर सिटी पठानकोट फीरोजपुर लुधियाना भटिंडा फीरोजपुर दिल्ली रोहतक और दिल्ली पानीपत शामिल हैं केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इनस सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा सुनिश्चित होगी